विदेशमंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि किसी भारतीय प्रधानमंत्रीकी रवांडा की यह पहली यात्रा है श्री मोदी अपने प्रवास के दौरान वहां के राष्ट्रपति पॉल कगामेके साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय समुदायसे भी मिलेंगे वे किगाली नरसंहार स्मारक भी जाएंगे और रवांडा की राष्ट्रीय सामाजिकसुरक्षा योजना गिरिंका के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे यात्रा के दूसरेचरण में श्री मोदी युगांडा जाएंगे

अपने दौरे के अंतिमचरण में श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाएंगे जहां वे ब्रिक्स देशों केदसवें सम्मेलन में भाग लेंगे

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

आज सुबह गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया के निर्देश के बाद महानिदेशक पुलिस ओपी गल्होत्रा ने इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित किया है इस दल को इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने और तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है

इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष न्यायालय के फैसले के बावजूद भीड़ की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय के फैसले पर अमल के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने रकबर को अस्पताल पहुंचाने में देरी की जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है

भरतपुर और नागौर जिले में कई स्थानों पर खेतों में पानी भरने से कपास और बाजरे की फसलों को नुकसान पहुंचाने की सूचना है राजधानी जयपुर में कल देर रात रामगंज क्षेत्र में वर्षा के कारण सड़क धंस गयी हालाकि इससे किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है इसी तरह नागौर जिले में नाडी टूटने से खेतों में पानी भर गया

वर्षा को देखते हुए कोटा उदयपुर भरतपुर सहित कुछ जिलों में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ को सर्तक कर दिया गया है ब्रंदी और झालावाड़ में भी आज तेज बारिश का दौर जारी रहा मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर आगामी चौबीस घंटों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

श्रीमती राजे ने खानपुर के लड़ानिया गांव पहुंचकर कश्मीर में शहीद हुए मुकुट बिहारी मीना के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी इसके बाद अकलेरा पहुंचकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं सामाजिक संगठनों और किसानों के प्रतिनिधियों से संवाद किया

लघ् उद्योग भारती के निवर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश मित्तल ने कहा कि छोटे उद्योगों से जुड़े व्यापारियों को इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है राजस्थान मूर्तिकला लघ उद्योग संस्थान ने भी जीएसटी काउंसिल के निर्णय को मूर्तिकला कारीगरों के लिए फायदेमंद बताया है संस्थान के संयोजक कमल भारद्वाज ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को लाभ मिलेगा

श्री वैन ने पेट्रोकेमिकल के साथ ही फूड प्रोसेसिंग पॉलिएस्टर यार्न टैक्सटाइल तकनीक को साझा करने हस्तशिल्प ज्यैलरी क्षेत्र में रुचि दिखाते हुए कहा कि वे ब्रिटेन के निवेशकों और राजस्थान सरकार तथा यहां के निवेशकों के बीच सेतु का कार्य करेंगे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन राजस्थान तथा गुजरात में निवेश और कारोबारी सहयोग की संवानाएं तलाश रहा है